अब समाचार विस्तार से स्लग निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है कल नई दिल्ली में सोशल मीडिया और संचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत उन्नत भारत फिट इंडिया स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे शोध कार्यों की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया स्लग भाजपा सीएए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली आयोजित की जाएगी इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी देंगे वहीं कांग्रेस ने आज पार्टी की स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जिसके तहत देश बचाओ रैली आयोजित की गई स्लग सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में बागेश्वर में भी बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर आगे आ रहा है इस वर्ग का स्पष्ट मानना है कि संशोधित अधिनियम से देश में अवैध घुसपैठ पर भी प्रभावी रोक लगेगी यह बिल दूसरे देशों में बसे हिंदू बौद्ध सिख ईसाई आदि को नागरिकता देने का बिल है ना कि भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने का बागेश्वर स्थित कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षकों ने सीएए के विरोध पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैला रहे हैं

जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उन्हें चारों दिन फल खिलाये जायेंगे योजना के संचालन के लिये जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है इसके अलावा उपजिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना की समीक्षा करेंगे और खरीदी गई सामग्री की गुणवत्ता पर भी नजर रखेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा स्लग पुस्तक विमोचन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज नैनीताल स्थित उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए कुमाऊंनी भाषा में तैयार की गई पुस्तकों का विमोचन किया पुस्तकों को मण्डलीय शिक्षा विभाग ने तैयार किया है एटीआई निदेशक राजीव रौतेला ने बताया कि क्माऊं मण्डल के सभी जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में कुमाऊंनी भाषा में तैयार की गई पुस्तकें छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बच्चो का लगाव अपनी भाषा के प्रति हो सके

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अकादमी में विभिन्न राजकीय सेवाओं लिए चयनित प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया साथ ही अकादमी में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली

वन विभाग की सभी रेंजो में सघन गश्त के आदेश जारी करने के साथ ही वन कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गयी हैं चीला रेंज को सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है सबसे ज्यादा सैलानी नव वर्ष का जश्न मनाने यहां पंहुचते हैं इसे देखते हुए यहां से गुजर रहे सभी वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है साथ ही पालतू हाथियों से जंगलों के भीतर और गंगा तटीय क्षेत्रों में भी पैनी नजर रखी जा रही है वन विभाग के प्रभागीय अधिकारी आकाश कुमार ने बताया कि नए साल के दौरान कई जगह लोग जंगलों में शिकार करने जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा पहले से ही वन कर्मियों को तैनात किया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके उन्होंने बताया कि वन विभाग ने हरिद्वार की सभी रेंजों मे वन कर्मियों को तैनात किया है स्लग आयुष्मान कार्ड ऊधमसिंह नगर के जिलाधिकारी डॉ नीरज खैरवाल ने रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ आयुष्मान कार्ड की समीक्षा की

उन्होंने सभी फेसीलेटर और आशा कार्यकत्रियों को क्षेत्र में जाकर लोगों को आयुष्मान कार्ड के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए स्लग लंच विद लाडली रुद्रप्रयाग जिले में लंच विद लाडली कार्यक्रम के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज जवाड़ी रतूड़ा और मालतोली की छात्राओं ने जिला कार्यालय और विकास भवन कार्यालय के कार्यकलापों को समझा छात्राओं को अपर जिलाधिकारी अरविंद पाण्डेय ने जिला मजिस्ट्रेट की न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों के बारे में बताया गया इसके अलावा छात्राओं को जिला कार्यालय के सीएम हैल्प लाइन पटल नजारत लैंड रिकॉर्ड न्याय भू अभिलेख आदि के कार्यों की जानकारी दी गई इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी ने छात्राओं के साथ भोजन भी किया गौरतलब है कि रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की पहल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को लंच विद लाडली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसके माध्यम से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकारी कार्यकलापों की जानकारी दी जा रही है

इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल में प्रसूति कक्ष स्तनपान कक्ष विभिन्न वार्डो और अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया स्लग संयुक्त प्रवेश कार्यशाला भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई पुणे द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से देहरादून में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है

इसमें बिना आवेदन के स्नातक उत्तीर्ण कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जिसने किसी भी विषय मे स्नातक उत्तीर्ण किया हो पूरी तरह निःशुल्क यह कार्यशाला खासतौर से उन युवाओं के लिए उपयोगी मानी जा रही है जो फिल्म क्षेत्र में रूचि रखते हैं और एफटीआईआई पुणे में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी एफटीआईआई की प्रवेश परीक्षाओ में शामिल होने वाले युवाओं की शंकाओं का समाधान करना है